प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है शाहजहांपुर में आज किसान रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र ने गन्ना किसानों की भलाई के लिए हाल ही में कई निर्णय लिए हैं

श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गन्ने की बकाया राशि जल्द से जल्द दिलाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है आपको आपके गन्ने का पूरा बकाया जल्द से जल्द मिले इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं चीनी के आयात पर सौ प्रतिशत शुल्क लगाया गया

चीनी के लिए एक न्यूनतम मूल्य तय किया गया ताकि चीनी मिलें नुकसान का बहाना न बना पाएं

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ऋण माफो के फसले से प्रदेश के किसानों को खासा लाभ पहुंचा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के जरिये विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को फायदा मिलेगा

मैं इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आज के इस किसान कल्याण रैली में हृदय से स्वागत करता हूँ

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी संतोष गंगवार तथा कृष्णाराज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित प्रदेश के कई मंत्री सासद और विधायक मौजूद थे और ब्यौरा हमारे संवाददाता से भीषण गर्मी और उमस के बावजूद दो लाख से अधिक किसानों की भीड़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सुनने के लिए रोजा रेलवे मैदान में मौजूद थी बड़ी संख्या में तराई और रुहेलखंड के जिलों से किसान प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने आए थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के साथ अपनी सीधी बातचीत में गन्ना किसानों की बेहतरी के लिए किए गए कार्यो की चर्चा की और सिचाई परियोजनाओं को पूरा न करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की शाहजहांपुर गन्ने और गेहूं की खेती के लिए मशहूर है और सरकार द्वारा उठाए गए समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी और सीधे खाते में गन्ना भुगतान की बकाया रकम भेजने जैसे कदमों से इस इलाके के गन्ना किसानों को काफी फायदा हुआ है बड़ी संख्या में किसान यहां आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार शाहजहांपुर लोकसभा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के तेलुगुदेशम पार्टी द्वारा सरकार के खिलाफ रखा गया अविश्वास प्रस्ताव बारह घंटे की बहस के बाद कल रात बड़े अंतर से गिर गया

शिवसेना बीजू जनतादल और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्य मत विभाजन के समय सदन में उपस्थित नहीं थे आल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के कई सदस्यों ने सरकार का समर्थन करते हुए प्रस्ताव के विरोध में मत दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस का जवाब देते हुए विपक्ष को अहंकारी बताया उन्होंने कहा कि यह सरकार का शक्ति परीक्षण नहीं है लेकिन कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों की परीक्षा है श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं कमजोर वर्गों युवाओं और किसानों के फायदे के लिये काफी काम किया है लेकिन विपक्ष को इन कामों से जुड़े तथ्यों में विश्वास नहीं होता श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के बिना सबका साथ सबका विकास के संकल्प को लेकर राष्ट्र की सेवा कर रही है वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि वस्तु और सेवाकर जीएसटी से कर व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ेगी

उन्होंने कहा कि जीएसटी सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है सूत्रों ने कहा है कि कर दरों को तर्क संगत बनाने के लिए कम राजस्व वाली कुछ वस्तुओं की जीएसटी दरों में कटौती पर विचार किया जा सकता है जिनमें सेनेट्री नैपकिन हस्तकला और हथकरघा की वस्तुएं शामिल हो सकती हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपन विचार साझा करेंगे

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

वह आज लखनऊ में ब्लॉकचेन नैनो टक्नोलॉजी और स्टाट अप के बारे में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसमें ब्लॉकचेन परियोजना शुरू की जायेगी

स्वर्गीय नीरज का शव आगरा से अलीगढ़ पहुंचते ही नुमाइश ग्राउंड में उनके अन्तिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए कहा कि नीरज जी के निधन से साहित्य जगत को बड़ी क्षति हुई है

श्री नीरज काफी दिनों से बीमार थे उन्होंने गुरूवार देर शाम नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अन्तिम सांस ली

सरकार के इस प्रयास से सूब में देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी वह कल शाम फजाबाद में मीडिया से बातचीत कर रही थी उन्होंने धार्मिक नगरी अयोध्या के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि तीन सौ करोड़ रूपये की लागत से अयोध्या का विकास हो रहा है

श्रीमती जोशी ने कहा कि कुंभ की व्यापक स्तर पर ब्रांडिंग की जा रही है जिससे विदेशों से लाखों की संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है विदेशी पर्यटक अयोध्या सहित अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों पर आसानी से जा सके इसके लिए इक्कोस स्थानों से हवाई सेवा की व्यवस्था की जा रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर और विन्ध्याचल रेलवे स्टेशनों पर बने फुट ओवरब्रिज तथा सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ साथ विन्ध्याचल स्टेशन के सौन्दर्यीकृत भवन का लोकार्पण किया साथ ही मिर्जापुर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए दूसरे प्रवेश द्वार का शिलान्यास भी किया इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा